उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल मदद मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है निर्मला सीतारमन ने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में शिमला जिले के किसानों व बागवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आगामी सेब सीजन को देखते हुए फलों व सब्जियों के सुचारू विपणन के प्रबंध करने का आग्रह किया इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने फलों व सब्जियों के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करने व पैकिंग सामग्री उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सेब व सब्जियों के विपणन और पैकिंग के लिए समुचित प्रबंध करने का आश्वासन दिया फेक न्यूज प्रदेश सरकार ने राज्य में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लागू करने और आगामी तीन दिनों तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रखने के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया है एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाह पूरी तरह आधारहीन और असत्य है प्रवक्ता ने लोगों से इस भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि इस तरह का भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी कोरोना अपडेट प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ौतरी जारी है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि ये लोग पश्चिम बंगाल से ट्रक के माध्यम से नालागढ़ आए थे

डीसी लाहौल लाहौल स्पीति जिले में लोगों ने कृषि और अन्य निर्माण कार्यों के लिए कामगारों को लाने पर लगाए गए प्रतिबंध के हटने से राहत महसूस की है कामगारों को घाटी में लाने के लिए लोगों को उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय केलंग में आवेदन करना होगा उपायुक्त केके सरोच ने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लाहौल घाटी में लोगों को काम के लिए काफी कम समय मिल पाता है ऐसे में बिना कामगारों के कृषि व अन्य विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं

उपायुक्त ने विभाग के अधिकारियों को प्रवासी मज़दूरों को उचित मूल्यों की दुकानों से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं हरिकेश मीणा ने कहा कि इन मज़दूरों को मई व जून महीने तक यह खाद्यान्न निशुल्क वितरित किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है